उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है नरेन्द्र मोदी ने यह भी कहा कि विभिन्न मुद्दों के बारे में छात्रों के दृष्टिकोण को समझना भी बहुत जरूरी है मंत्रिमंडलीय समिति आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक तेल विपणन कम्पनियों द्वारा खरीदे जाने वाले एथनॉल की कीमत में बढोतरी को मंजूरी दी है यह फैसला इस वर्ष पहली दिसम्बर से लागू होगा और एक वर्ष के लिए होगा यह स्वीकृति एथनॉल मिश्रित पैट्रोल ईबीपी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न तरह के कच्चे माल से बनाए जाने वाले एथनॉल के लिए ऊंची कीमत तय करने के लिए दी गई है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

गोविन्द सिंह युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं वे कल कांगड़ा जिला में नगरोटा बगवां बैडमिंटन क्लब की चार दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पर बोल रहे थे गोविन्द ठाक्र ने कहा कि खेल युवाओं को स्वस्थ रखने के साथ साथ उनका चरित्र निर्माण भी करते हैं उन्होंने युवाओं से खेलों के अलावा पर्यावरण संरक्षण की ओर आगे बढ़ने का आह्वान भी किया

इसी कडी में लाहौल स्पिति जिले की रानिका पंचायत के किरतिंग में कल प्री जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों को अनेक योजनाओं व कार्यकमों की जानकारी दी उपमंडल अधिकारी अमर नेगी ने बताया कि प्री जनमंच कार्यकम का मुख्य उददेश्य लोगों की अधिकतर समस्याओं का त्वरित निपटारा करना है

उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना है हरिकेश मीणा ने कहा कि प्रशिक्षित प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों के स्कूलों में जाकर अभिभावकों को भी जागरूक करेंगे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने सौर ऊर्जा संयंत्र को लेकर हुए एमओयू से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

आपका फैसला के मुताबिक सीएम की मौजूदगी में दो कंपनियों ने प्रदेश में निवेश के लिए किया समझौता दैनिक जागरण ने खबर दी है लोकनिर्माण विभाग में चहेतों को ही बांट दिए ठेके करसोग मंडल में हुआ गड़बड़ झाला इसी समाचार पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष भरने की इच्छुक पेटीएम ऑनलाइन भूगतान करने का प्रस्ताव लेकर जयराम सरकार के पास पहुंची कंपनी

दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हिमाचल में नया ट्रैफिक कानून जल्द कड़े प्रावधान की जरूरत पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में जल्द लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट दैनिक भास्कर की एक खबर है सीएम जयराम शांता कुमार होटल की लिफ्ट के अंदर फंसे पांच मिनट बाद पुलिस ने लिफ्ट का दरवाजा खोला गुड़िया मामले की अदालत में सुनवाई पर अमर उजाला ने लिखा है सूरज की हत्या जहां हुई थी वहीं मौजूद थे आईजी जैदी जबकि दैनिक भास्कर का कहना है आईजी के ड्राइवर ने उन्हीं के खिलाफ कोर्ट में दी गवाही अजीत समाचार की सुर्खी है पौंग बांध से छोड़ा जाएगा अतिरिक्त पानी पंजाब में पैदा हो सकती है बाढ़ की स्थिति